उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में दूरदर्शन की विश्वसनीयता बढ़ी है इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी अपने समाचारों की प्रामाणिकता के कारण अन्य चौनलों से बहुत आगे है प्रसार भारती अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति भी समारोह में मौजूद थे रामस्वरूप मंडी से भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि वे लोगों की आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे मंडी में आज पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने भारी जनसमर्थन के लिए मतदाताओं का आभार जताया उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र का विकास करना उनका एक मात्र लक्ष्य है और इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी रामस्वरूप शर्मा ने इस मौके लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनका मौके पर ही निपटरा किया सुरेश कश्यप शिमला से भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि सोलन जिले की दाड़लाघाट में बनने वाला सीमेंट अन्य राज्यों की अपेक्षा स्थानीय लोगों को महंगा मिल रहा है और वे इस मुद्दे को प्रमुखता से केन्द्र में उठाएंगे अर्की में आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सीमेंट दामों का मामला राज्य सरकार के ध्यान में है और जल्द ही इस पर उचित निर्णय ले लिया जाएगा सुरेश कश्यप ने कहा कि सिरमौर जिले में गिरीपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने के लिए भी वे प्रमुखता से काम करेंगे ग्रीष्मोत्सव शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव की ध्रम है शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ग्रीष्मोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में आज मुख्यातिथि हैं आज की सांस्कृतिक संध्या हिमाचली कलाकारों के नाम रहेगी जो लोगों का खूब मनोरंजन करेंगे पहली सांस्कृतिक संध्या में इंडियन आईडल के लोकप्रिय गायकों कृतिका तंवर व अनुज शर्मा और पार्श्व गायिका ममता जोशी ने अपनी आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध किया राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया बीएसएनएल बीएसएनएल ने पैंशन धारकों की समस्याओं के निपटारे के लिए आज शिमला में पैंशन अदालत का आयोजन किया संचार सेवा नियंत्रक निर्दोष कुमार यादव ने बताया कि इस दौरान बड़ी संख्या में पैंशनरों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया

उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के लिए जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते जनमंच कार्यक्रम आयोजित नहीं हुए थे

गोविंद ठाकुर युवा सेवाएं व खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों में भाग लेने का आहवान किया है सोलन में दो दिवसीय एचपीएल क्रिकेट लीग के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है और युवाओं को उनके घर द्वार पर खेल सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है

प्रतियोगिता के सेमीफाइनल व फाइनल मुकाबले सोलन में खेले गए